राज्यपाल किसानों की आय दोगनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुन्य लागत प्राकृतिक कृषि के प्रचार व प्रसार में राज्यपालों का नेतृत्व करेंगे

उन्होंने कहा कि गौ पालन से जुड़ी प्राकृतिक कृषि की जानकारी पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसे प्रदेश के किसानों को निशुल्क वितरित किया जा रहा है उन्होंने ये पुस्तक राष्ट्रपति और सभी राज्यपालों को भी भेंट की

पर्यावरण को बचाये रखने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष पांच जून को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदृषण की रोकथाम इस मौके पर राज्यस्तरीय समारोह मण्डी जिले के राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय संदरनगर में आयोजित किया गया समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने पर्यावरण संरक्षण को समर्पित प्रदृषण उपशमन पौध अभियान का श्रभारम्भ किया उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस महज एक औपचारिक अवसर नहीं होना चाहिए बल्कि इसके ठोस परिणाम सामने आने चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से पहली जुलाई तक बद्दी नालागढ़ परवाणु कालाअम्ब पांवटा साहिब सुंदर नगर डम्टाल और ऊना में पौधरोपण पर विशेष बल दिया जाएगा क्योंकि ये शहर राज्य के सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं

उन्होंने विश्राम गृह के नवनिर्मित अतिरिक्त कमरों का लोकार्पण भी किया बिक्रम ठाक्र उद्योगमंत्री बिक्रम ठाक्र ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर हल करने और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं आज कांगड़ा जिले के जसवा परागपुर में उन्होंने लोगों की समस्याए सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया

बादल फटा शिमला जिले की रामपुर तहसील के दरशाल मतेलनी इलाके में आज सुबह बादल फटने से क्षेत्र में मकान गऊशाला और उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचा है इस घटना में एक घर सहित आधा दर्जन गऊशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं हालांकि इस घटना में किसी जानी नुकसान को कोई समाचार नही है शिमला के उपायुक्त ने बताया कि इलाके में राहत व बचाव कार्य जारी है

हाईकोर्ट प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांगजनों को आरक्षण नहीं दिए जाने पर उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने विश्वविद्यालय के रजिस्टार से रिपोर्ट मांगी है दिव्यांगों के अधिकारों के लिए कार्य कर रही उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर दिव्यांगों को कानून के मुताबिक आरक्षण देने का आग्रह किया था मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार को मामले में उचित कार्रवाई कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है जलापूर्ति दूदू विकास समिति के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने सरकार से दूदू क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग की है